इसके अलावा सौर पार्कों और रूफ टॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी अस्पताल सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में डिजिटल मशीनें न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे सोलन प्रतिनिधि ने बताया है कि मरीजों को एक्सरे व अल्ट्रासांउड सहित सभी जरूरी टैस्ट मंहगे दामों पर निजी लैब में करवाने पड़ते हैं लोगों ने अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाने की मांग सरकार से की है ताकि गरीबों को राहत देने के लिए चलाई गई स्वास्थ्य योजनाएं सार्थक हो सकें इस बीच वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि जल्द ही अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी जिससे मरीजों को लाभ होगा

इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं विघानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदभार संभालने पर यशपाल शर्मा को बघाई दी है

इसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त के सहायक आयुक्त सुरेंद्र ठाकुर ने की उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से बचने और जानमाल की क्षति कम करने के लिए जागरूकता पर बल दिया इस दौरान लोगों को प्राथमिक चिकित्सा पारिवारिक आपातकालीन योजना और आपदा के समय जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जानकारी दी गई मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बीती रात से वर्षा का कम जारी है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मनाली के समीप प्रीणी में एलाइन दोहांगन परियोजना द्वारा आज ब्यास नदी में पानी छोड़ा जाएगा योजना प्रबंधन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ब्यास नदी से दूर रहने का आग्रह किया है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सोलंगनाला के पास फटा बादल बाढ़ ने बिगाड़े हालात

अमर उजाला का शीर्षक है घर बैठे होगा अस्पताल में पंजीकरण ऑनलाईन मिलेगी मेडिकल रिपोर्ट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी में खुलेगा एनआईईआईटी शिमला में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऐलान सभी जिला अस्पताल बनेंगे ई अस्पताल

जबकि अजीत समाचार का कहना है सभी जिला अस्पतालों को ई अस्पताल बनाया जाएगा

सियासत के अखाड़े में खली चित शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है चंडीगढ़ के वीडियो के बाद बैकफुट पर इंटरनेशनल रेसलर अमर उजाला के शब्द हैं सियासी फाइट से खफा ग्रेट खली समर्थन जुटाने रात को सड़कों पर उतरे इसी खबर पर दैनिक भास्कर मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखता है खली की फाइट के लिए फंड जुटाने में लगे अफसर सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है ननखड़ी में गिरा टैंपो चार की मौत आपका फैसला की एक खबर है पौंग बांध विस्थापितों की मांगों पर होगा मंथन देश के उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उठेगा बीबीएमबी में हिस्सेदारी का मुद्दा एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय घर द्वार पर सरकार में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने जनमंच के रूप में जनता को ऐसा मंच प्रदान किया है जहां वे खुलकर शिकायतें व समस्याएं रख सकते हैं और उनका समाधान भी तय समय में होगा